उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की भागीदारी से छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी योजनाओं पूंजी और उद्यमिता को मिलाकर एक नई आर्थिक क्रांति का जन्म होगा यह आर्थिक क्रांति विकास का एक टिकाऊ मॉडल बनकर पूरी दुनिया में नाम कमाएगी श्री बघेल ने लोकवाणी में महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यो पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि वनांचलों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन के लिए शुरू की योजनाओं से महिलाएं बड़ी संख्या में स्वावलंबी बन रही हैं

साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा सुनिश्चित की गई है उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की स्थायी भर्ती और पुलिस भर्ती की रूकी हुई प्रक्रिया शुरू की गई है

स्व सहायता समूहों में भी महिलाओं को जोड़कर उन्हें स्वावलंबन की गतिविधियों से जोड़ा गया है मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के हर जिले में कन्या महाविद्यालय और कन्या छात्रावास भी खोले जाएंगे मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में महिलाओं से कोविड नाइंटीन टीकाकरण में सहयोग का आव्हान करते हुए कहा कि टीकाकरण के बाद भी मास्क पहनना सुरक्षित दूरी का पालन करना और हाथों को साबुन से बार बार धोने जैसे उपायों का पालन करते रहना होगा कोरोना संकट के संदर्भ में मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब पात्रतानुसार टीकाकरण में सहयोग करें टीका लगाने और लगवाने का काम भी आपके बिना पूरा नहीं होगा टीका लगाने के बाद भी मास्क सुरक्षित दूरी तथा हाथों को साबुन से बार बार धोने जैसे उपाय करते रहें कोरोना टीकाकरण छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच विभिन्न जिलों में प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा शहर में बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वालों के साथ ही शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है पिछले हफ्तेभर में पांच सौ अस्सी लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है इसके अलावा जिले के मोहला विकासखंड के ग्राम मडियानवाडवी में आईटीबीपी चवालीसवीं वाहिनी के जवानों ने सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत मेडिकल कैम्प लगाया जिसमें ग्रामीणों को गांव को स्वच्छ और सुंदर रखने तथा कोरोना संक्रमण की सुरक्षा के संबंध में सुझाव दिए गए उधर रायगढ़ जिला कलेक्टर ने सड़क पर बिना मास्क लगाकर निकलने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उनकी कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं वहीं कोरोना जांच से मना करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी राज्यपाल परिचय सम्मेलन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासी समाज से आव्हान किया है कि वे अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं शिक्षा ही विकास की महत्वपूर्ण कुंजी है शिक्षा से ही जागरूकता आएगी और समाज सशक्त होगा सुश्री उइके ने आज आदिवासी सेवा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि आदिवासी सेवा मंडल द्वारा आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए कार्य किया जा रहा है जो सराहनीय है यह प्रयास आदिवासी समाज को आगे ले जाने में बहुत मददगार साबित होगा भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आज रायपुर के कृशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया साथ ही संगठन के आगामी तीन महीने की कार्ययोजना रणनीति और अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि हालात कैसे भी हो पार्टी कार्यकर्ताओं ने विजय के लक्ष्यों के लिए काम किया है और भविष्य में भी वे ऐसे ही कार्य करते रहेंगे उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ कार्य किया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने उद्घाटन सत्र में कहा कि हम सबका एक ही लक्ष्य है मिशन दो हजार तेईस उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थिति सहित अन्य मुद्दों को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है इसमें कार्यसमिति के सदस्यों के सुझाव को भी शामिल किया गया है श्री साय ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने और जनता के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद थे इससे पहले कल भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई जिसमें पार्टी की आगामी रणनीतियों पर चर्चा हुई

इस कार्यक्रम का यह चौथा संस्करण है और इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डे के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों और अभिभावकों को इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए सिरपुर महोत्सव मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सिरपुर को विश्व धरोहर के रूप में विकसित करने और पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है श्री बघेल ने महासमुंद जिले के सिरपुर में आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर महोत्सव और शोध संगोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सिरपुर के साथ ही डोंगरगढ़ और मैनपाट को टूरिज्म सर्किट से जोड़ने की तैयारी है जिससे सैलानियों का रूझान बढ़ेगा और जल्द ही सिरपुर विश्व मानचित्र पर अंकित होगा गौरतलब है कि बीते बारह मार्च से शुरू हुए तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव और शोध संगोष्ठी कार्यक्रम का आज समापन हो रहा है जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक पांच लाख छियासठ हजार घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी बैठक में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ में संचालित कार्यों को लेकर संतुष्टि जताई विस्फोट माओवादी मौत बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईईडी लगाने के दौरान उसमें विस्फोट होने से एक माओवादी की मौत हो गई यह घटना भिरतुर थाना क्षेत्र में बेचापाल कुर्रेपाल मार्ग पर हुई पुलिस ने माओवादी का शव बरामद कर लिया है इस बीच बस्तर रेंज के आईजी डीआईजी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड के माओवाद प्रभावित ग्राम गलगम स्थित पुलिस कैम्प पहुंचकर जवानों से चर्चा की इस मौके पर आईजी सुंदरराज पी ने जवानों से कहा कि पुलिस कैम्प के खुल जाने से इस इलाके में विकास कार्यो में तेजी आएगी इधर कोंडागांव पुलिस द्वारा विशेष अभियान आमचो पुलिस आमचो गांव के तहत आज माकड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम लभा में चलित थाना लगाया गया इस दौरान पुलिस द्वारा ग्रामीणों से रूबरू होकर अपराधों की रोकथाम और विभिन्न अपराधों के बारे में जानकारी दी गई इसके अलावा यातायात नियमों के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया गया मेडिकल कॉलेज नामकरण राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जगदलपुर के डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज के साथ संचालित अस्पताल का नामकरण स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा के नाम पर किया गया है जबकि मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय बलीराम कश्यप के नाम पर ही रहेगा बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज के नाम में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है बस्तर के विकास में उल्लेखनीय योगदान के चलते यहां संचालित अस्पताल का नामकरण स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के बाद यह कार्यवाही की गई है रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी ट्वेटी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज इंग्लैण्ड लीजेंड्स का मुकाबला श्रीलंका लीजेंड्स से हो रहा है इससे पहले कल शाम खेले गए एक अन्य मैच में इंडिया लीजेंड्स ने साउथ अफ्रीका लीजेंड्स को संतावन रनों से पराजित किया इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस टूर्नामेंट के आगामी सत्रह मार्च को खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल मैच को देखने के लिए प्रदेश के सभी विधायकों को आमंत्रित किया है अबझमाड रैम्प वॉक नारायणपुर के मावली मेला में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर अब्रझमाड़ की संस्कृति और पहनावा के बारे में लोगों को परिचित कराने के उद्देश्य से अबूझमाड़ रैम्प वॉक का आयोजन किया गया इसमें अब्झमाड़ के बच्चों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया नारायणपुर पुलिस नवसंचार फाउंडेशन और करूणा फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग वर्ग में विजेता प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार प्रदान किए गए हुमर ग्राम सभा प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे

इस मौके पर सांसद विजय बघेल ने लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत पंद्रह से बाईस मार्च के बीच एक से उन्नीस वर्ष तक के बच्चों और किशोरों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों द्वारा घर घर जाकर एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाई जाएगी

बस्तर में बाघ का शिकार और खाल की तस्करी करने के आरोप में सरकारी कर्मचारियों सहित चौदह लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ स्थित ग्रामीण बैंक के एक कैशियर पर फायरिंग करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपियों के पास से एक रिवॉल्वर जिंदा कारतूस और तीन मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं कोंडागांव जिले में फरसगांव पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम हुई बालिकाओं को पश्चिम बंगाल और झारखंड से बरामद कर उन्हें उनके परिजनों को सुपुर्द किया है कोरिया जिले के चरचा क्षेत्र में भालू के हमले से तीन लोग घायल हो गए हैं संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना

फायर बिग्रेड की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है